मुख्यमंत्री ने आज अंबिकापुर में करीब छह सौ चौंतीस करोड़ रूपए की लागत वाले विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया राजनादगांव सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि केन्द्र सरकार का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर है

आज नई दिल्ली में कोरोना सं क्र मण पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय लघ फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए पूरे वर्ष उत्साह के साथ कार्य किया

आज से ही अमरीका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है हमारे यहां भी जल्दी आएगा हमें पता है देश के चार वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं तो शायद महीने भर में आएगा लेकिन एक बुराई भी ख्याल करने की जरूरत है एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्र ी हो गए कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है

आप फ्री नहीं हो गए संकट से

कल प्रदेश में कोरोना सं क्र मण के बारह सौ उनसठ नये मरीजों की पहचान की गई राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव उन्नीस हजार से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस बीच प्रदेश में कोरोना सं क्र मण से बचाव के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है अभियान के दौरान ग्रामीणों और मजद्रों के इकटठे होने के सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें शपथ दिलाकर सचेत किया जा रहा है वहीं जिले के गौठानों में भी हाल ही में मनाए गए पैरादान दिवस के मौके पर डभरा जनपद पंचायत के विभिन्न गांवों में भी ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई इस दौरान स्थानीय लोगों को मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई इसके अलावा सं क्र मण से बचने के लिए नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने और साफ सफाई रखने को भी कहा गया जांजगीर चांपा जिला पंचायत के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा जनआंदोलन के माध्यम से दीवार लेखन सहित सूचना पटल पर जागरूकता संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है इन संदेशों को विभिन्न पंचायत संस्थाओं के सोशल मीडिया ग्र्प में भी भेजा जा रहा है राज्य के बालोद जिले की तीन बच्चियों ने एक छत्तीसगढ़ी गीत के जरिये लोगों को कोरोना सं क्रमण से बचने के लिए जरूरी उपाए अपनाने की सलाह दी है इस गीत में रेखा शर्मा सरिता देवांगन और रिया दास ने लोगों को मास्क पहनने सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया है मुख्यमंत्री सरग्जा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में करीब छह सौ चौंतीस करोड़ रूपए की लागत वाले एक सौ दस विभिन्न निर्माण और विकास कार्यो का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में प्रदेश के पहले गोधन एम्पोरियम का उदघाटन भी किया इस एम्पोरियम में गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में खरीदे गए गोबर से महिला समृहों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों की बि क्र ी की जाएगी गोधन एम्पोरियम में गोबर से महिला समुहों द्वारा बनाई गई लकडी ईंट दीये धूप ब त्ती अगरब त्ती खिलौने सजावटी वस्तुओं सहित अन्य कई सामान उपलब्ध रहेंगे मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में महामाया मंदिर के पास पहाड़ी पर बनाए गए ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया वहीं उन्होंने अबिकापुर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण भी किया श्री बघेल ने सरगुजा जिले के मेंड् ाकला धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र में आए किसानों से चर्चा की और उनसे धान खरीदी की व्यवस्था तथा भुगतान के बारे में जानकारी भी प्राप्त की वहीं मुख्यमंत्री कल सुरजपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे रथ यात्रा बाईक रैली छत्तीसगढ की कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पुरे होने के उपलक्ष्य में आज से प्रदेश में राम वनगमन पथ के पर्यटन स्थलों पर रथ यात्रा और बाइक रैली शुरू की गई है यह यात्रा प्रदेश के उ तारी भाग में कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका और दक्षिणी भाग में सुकमा जिले के रामाराम से एक साथ शुरु हई कोरिया जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर एसएन राठौर ने रथयात्रा को झण्डी दिखाकर रवाना किया वहीं सुकमा में कलेक्टर विनीत नंदनवार ने इस यात्रा को झण्डी दिखाकर रवाना किया कोरिया और सुकमा जिले में जगह जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया चार दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में करीब सोलह सौ किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी इस यात्रा का समापन सत्रह दिसंबर को रायपुर के पास चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर में होगा इस यात्रा के दौरान आने वाले प्रत्येक जिले की मि टी रथ में रखी जाएगी जिसे अंतिम दिन चंदखुरी में पौधारोपण के लिए उपयोग में लाया जाएगा प्रधानमंत्री पेंशन योजना केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री पेंशन योजना के बारे में प्रसारित हो रहे फर्जी संदेश को खारिज किया है इस संदेश में प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत सत्तर हजार रुपये प्राप्त करने के लिए पात्रता की पुष्टि करने का दावा किया गया है एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और कहा है कि केन् द्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है

आज भिलाई में स्वतंत्र किसान सशक्त किसान कार्य क्र म के तहत पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है श्री पांडेय ने कहा कि किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं की बजाय प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी का जोर कृ षि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि संसद में पास हुए कु षि विधेयकों के कारण करीब सत्तर साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चुंगल से मुक्ति मिलेगी साथ ही उन्हें अपनी फसल को इच्छा अनुसार मूल्य पर बेचने की आजादी भी मिलेगी श्री पांडेय ने कहा कि खेती किसानी में निजी निवेश होने से कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और इसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे दूसरी ओर दुर्ग के इंदिरा मार्केट क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से तीनों कृषि कानुनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया उधर धमतरी में आज जिले के किसान यूनियन ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जवान शहीद माओ गिर प तार सुकमा जिले में कल माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास क्मार का देर रात निधन हो गया शहीद विकास क्मार कल सुकमा जिले के कांसाराम नाला के पास विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर छ त्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर इसे निष्टिक्र य कर रहे थे इसी दौरान विस्फोट हो गया और हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे उन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया जहां बीती रात उनका निधन हो गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के निधन पर गहरा दुःख प्र कट करते हुए कहा है कि उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी शहादत दी है इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी शहीद डिप्टी कमांडेंट को श्रदांजलि आर्पित की है उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार में इच्छाशक्ति की कमी के कारण माओवादी घटनाएं बढ़ रही हैं वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने दो महिला सहित चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्र्वव ने बताया कि कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को चिंतलनार इलाके में घेराबंदी कर गिरफ तार किया इन पर आईईडी विस्फोट करने सहित कई अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इधर बीजापुर जिले में कुटरू थाना क्षेत्र के केतुलनार में माओवादियों ने मोबाइल नेटवर्क के काम में लगे दो जेसीबी वाहनों में आग लगा दी अवैध प्लाटिंग कार्रवाई प्रदेश में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा में हुई समीक्षा बैठक में यह बात कही श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना सं क्र मण के कारण लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अगले बीस दिनों के दौरान कम से कम बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपना सूचना तंत्र मजबूत करें और शहरी क्षेत्रों में होने वाले अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखें राजस्व मंत्री ने नामांतरण बंटवारा सीमांकन डायवर्सन जैसे कामों को समय सीमा में पूरा करने को कहा बैठक में वीडियो कॉन् फ्रें सिंग के माध्यम से कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान प्रदेश में बाल श्रमिकों की तलाश कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कल से बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया जाएगा इस अभियान का उद्देश्य यह है कि अभावग्रस्त परिस्थितियों के कारण जो बच्चे मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं उन्हें मुख्यधारा में लाकर उनके भविष्य को व्यवस्थित किया जा सके इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान की तैयारी के लिए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक ली कलेक्टर के निर्देश पर इस अभियान के लिए पांच दल बनाए गए हैं जो विभिन्न प्र तिष्ठानों में जाकर कम उम्र के बच्चों की तलाश करेंगे

कल रात हरदेवा ग्राम पंचायत के घुटरापारा इलाके में जंगली हाथियों के हमले में एक वृद्ध की मौत हो गई इससे पहले लेमरू क्षेत्र में भी जंगली हाथियों के हमले में दो ग्रामीणों की मौत हो चुकी है

हमें सोशल मीडिया की शक्तियों को पहचान कर उस दिशा में सकारात्मक कार्य करना होगा श्री कौशिक भाजपा मंडल इकाइयों के आहूत कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में सोशल मीडिया और कार्य विस्तार विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे श्री कौशिक सकरी रतनपुर और बेलतरा मंडल के कार्यकर्ता प्र शिक्षण वर्ग में शामिल हुए दुर्घटना राजनांदगांव जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई मिली जानकारी को अनुसार छरिया विकासखंड के कल्लुबंजारी गांव के पास चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में महोबाबाजार ओवरब्रिज पर दो कारों की टक्कर में दो महिलाओं सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं

छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अतंर्गत छात्रों ने कल भिलाई शहर के विभिन्न स्थलों की साफ सफाई कर जागरूकता रैली निकाली जांजगीर चांपा जिले के जैजैप्र क्षेत्र में स्थानीय बसपा विधायक केशव चंद्र ा के नेतृत्व में आज किसानों ने बाराद्वार हसौद मार्ग पर चक्काजाम किया ये किसान कचन्दा गांव में धान खरीदी कें द्र दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं

जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग छत्तीस लाख रूपये आंकी गई है